योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश में गरीबी दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक ट्वीट कर कहा कि यह योजना महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली रही गरीबी उन्मूलन की कई पहलों की नींव साबित हुई और इसने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया

प्रदेश में भी इस योजना से काफी संख्या में लोगों को लाभ भिल रहा है हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार की ओर से पात्र लोगों के जन धन खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में आज प्रदेश भाजपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से हल्ला बोल अभियान की शुरूआत की है

उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों जैसे स्कूल फीस बिजली टिड्डी हमले स्वास्थ्य और कोरोना संकट का समाधान करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है भाजपा कार्यकर्ता और विधायक सरकार के इन्हीं नीतियों के खिलाफ चार सितंबर तक विभिन्न चरणों में धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे

अजमेर के सूचना केंद्र में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी

राज्य के पूर्वी जिलों में आज से एक बार फिर मानसून की बारिश का दौर शुरु होगा

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह तक पूरे राज्य में सामान्य से ज्यादा वर्षा होने के आसार हैं

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा